सिवान में उन्नीस और बेगूसराय में तबलीगी जमात के दो लोग पाये गये पॉजिटिव

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर से निकलने पर भी प्रतिबंध

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के इक्कीस नये मामले सामने आने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर साठ हो गयी है सिवान के उन्नीस और बेगूसराय के दो संदिग्धों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सिवान में जिन उन्नीस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है उसमें अठारह एक ही परिवार के सदस्य हैं इनमें से तेरह महिलाएं हैं इन सभी में ओमान से आये एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग का प्रसार हुआ है उन्होंने बताया कि इसी परिवार के चार और लोगों की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आयी हुई है वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा में तबलीगी जमात में भाग लेने वाले दो किशोरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है इन दोनों ही संक्रमितों के निकट संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है अब तक प्रदेश में सिवान में सबसे अधिक उनतीस मामले सामने आये हैं वहीं मुंगेर में सात पटना गया और बेगूसराय में पांच पांच गोपालगंज में तीन नालंदा में दो और सारण लखीसराय भागलपुर और नवादा में एक एक मामले सामने आये हैं

कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित सिवान बेग्सराय और नवादा जिले के छह इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है इन क्षेत्रों में लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है साथ ही लोगों के घर से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है पुलिस मुख्यालय ने लोगों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए बेगूसराय में छह और सिवान में बिहार सैन्य पुलिस बल की दो कंपनियां तैनात की है पटना से सटे बेगूसराय की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है साथ ही इन दोनों जिलों को जोड़ने वाले राजेन्द्र सेतु पर भी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधि व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों और बिहार पुलिस सेवा के छह अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है तेघड़ा बछवाड़ा और मंसूरचक के सोलह पंचायतों में पुलिस गश्ती दल की तैनाती की गयी है हमारे नवादा संवाददाता ने बताया है कि पार नवादा के अंसार नगर मोहल्ला में सघन अभियान चलाकर संदिग्धों की पहचान की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि जो भी राज्य के बाहर या विदेश से आये हैं वे खुद सामने आकर कोरोना संक्रमण की जांच करवायें श्री कुमार ने कहा कि लोगों का यह कदम समाज और देश के हित में होगा वहीं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संदिग्धों की अधिक से अधिक जांच कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है श्री कुमार ने नये जांच केन्द्र खोलने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा उन्होंने मरीजों के निकट संपर्क के लोगों की तत्काल पहचान कर उनकी जांच कराने का आदेश दिया है बिहार पूरे देश में कोराना जांच के मामले में सातवें स्थान पर है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अन्य राज्यों से तुलनात्मक अंतर करते हुए बिहार की स्थिति स्पष्ट की गौरतलब है कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा राज्य में अपेक्षाकृत कम जांच होने की बात कही जा रही है राज्य के पहले कोरोना नोडल अस्पताल पटना के एनएमसीएच में संतावन नये वेंटिलेटर लगाये गये हैं अब यहां वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर एक सौ हो गयी है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येन्द्र नारायण सिंह को निलंबित कर दिया गया है उनपर कोरोना वायरस के नमूनों की जांच में लापरवाही बरतने और केन्द्र के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर बयान देने का आरोप है देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार आठ सौ पैंसठ हो गयी है इनमें से चार सौ सतहत्तर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी जबकि एक सौ उनहत्तर लोगों की मौत हुई है केन्द्र ने कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य तैयारियों के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है इसमें से सात हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपये महामारी से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटने के लिए उपयोग किये जायेंगे शेष राशि मिशन मोड के तहत एक से चार वर्ष के लिए उपयोग की जायेगी इससे पहले केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के उपचार और देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजूबत करने के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का प्रवाधान किया था केन्द्र सरकार ने बिहार सहित नौ राज्यों में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय दल का गठन किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ये टीमें वेंटिलेटर प्रबंधन रोग नियंत्रण योजना और अस्पताल की तैयारी में राज्यों की मदद करेंगी

ऐसी दस टीम बनाकर नौ राज्यों में भेजा गया है जिसमें बिहार राजस्थान गुजरात कर्नाटका मध्यप्रदेश महाराष्ट्रा तमिलनाडु तेलंगाना और यूपी स्टेट हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्यों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट मास्क और वेंटिलेटर की आपूर्ति शुरू हो गई है

साथ ही इन टर्मस ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटिजी क्या हो उसके उपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ जिसके तहत हम हॉटस्पॉट या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में वहां पर हम लैब सैम्पल्स को कैसे बढ़ायें उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों में पूर्णबंदी के उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठा रही हैं

साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन के वजह से स्ट्रैन्डेड है उनकी सहायता के लिये राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं वे हैल्पलाइन्स ऐप्स रिलीफ कैम्प्स शैल्टर्स फूड कैम्प्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं

इधर केन्द्र ने बिहार सरकार को एक बार फिर पत्र लिखकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए इन अधिनियमों के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राशन कार्ड के अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की समीक्षा का काम चल रहा है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे आवेदनों के सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि यह खाद्यान्न नियमित रूप से दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा राशन कार्ड पर प्रत्येक सदस्य पांच किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम दाल दी जायेगी केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने कहा है कि सरकार आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है एक ट्वीट में श्री गौड़ा ने कहा कि अब तक उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग उत्पादन और इनका आवागमन परिवहन तथा उर्वरकों की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी कर रहा है और वह राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती करने की खबरों का खंडन किया है ऐसी खबरें आई थी कि कोविड उन्नीस के मद्देनजर सरकार अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती कर रही है और अस्सी वर्ष की उम्र से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्थगित कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और यह खबरें निराधार हैं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाताधारकों के खातों में भेजी गयी राशि कभी भी निकाली जा सकती है यह स्पष्टीकरण उन अफवाहों के बाद आया है जिसमें यह बात कही जा रही है कि पैसे नहीं निकालने पर सरकार इसे वापस ले लेगी वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि इन खाताधारकों को अगले दो महीनों के दौरान पांच पांच सौ रूपये की दो और किस्तें दी जायेंगी पहली किस्त के रूप में इन खातों में पांच सौ रूपये डाल दिये गये हैं कोराना आपदा और लॉकडाउन को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यंत निर्धन परिवारों तक राज्य सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दो दो हजार रूपये उपलब्ध करा रही है ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जीविका समूहों के माध्यम से अब तक चौंतीस हजार ऐसे परिवारों को यह राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है

उन्होंने बताया कि बाकी बची लाभार्थियों के बैंक खाते में एक दो दिनों में पैसे भेज दिये जायेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में केन्द्र ने प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में लगभग बारह सौ चौहत्तर करोड़ रुपये भेज दिये हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने धान बेचने के लिए निबंधन की समय सीमा बढ़ा दी गयी है सहकारिता विभाग ने कहा है कि धान खरीद की अंतिम तिथि तीस अप्रैल तक किसान निबंधन कराकर अपना धान सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेच सकते हैं नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर भारत सहित कई देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को मास्क लगाने की सलाह दी है केंद्र सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और अपना मुंह तथा नाक ढकने का आग्रह किया है कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में अपनी सुरक्षा के लिए यह पहला उपाय माना जा रहा है

लेकिन अगर आप स्वास्थ्य सेवाकर्मी नहीं हैं या सीधे सीधे कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा में लिप्त नहीं हैं तो आप अपने लिये एक मास्क बना सकते हैं

ऐसे में यदि आप घर के बाहर जाते समय सुरक्षा के लिये एक मास्क बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह बड़ा सरल है इसके लिये आप किसी भी पुराने कपड़े रूमाल या अन्य कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं इसे इस तरह से काटा जाना चाहिये कि यह नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक सके बेहतर सुरक्षा के लिये आप कपड़े की दो परतों का भी उपयोग कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को कपड़े के छोर से जोड़ा जा सकता है ताकि आप इसे पहन सकें यह सुनिश्चित अवश्य करें कि आप ऐसे कम से कम दो स्वनिर्मित मास्क बनायें ताकि आप एक दिन के उपयोग के बाद दूसरे को धो सकें जबकि एक तरफ सरकारी इकाइयों ने इसके उत्पादन में कोई कसर नहीं छोड़ी है वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने हाथों से ही बने मास्क पहनना पसंद कर रहे हैं

आम लोगों की यह जानने में अभिरूचि है कि बदलते मौसम का भारत में कोरोना वायरस के प्रसार पर क्या असर होगा इस संबंध में दिल्ली के जी बी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी को जानकारी दी

माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के उपर भी हीट का इफैक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टैम्प्रेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफैक्ट कम होगा लेकिन कोरोना वायरस एक बिलकुल नया वायरस है जिसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचारों पत्रों ने प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

सिवान में उन्नीस और बेगूसराय में तबलीगी जमात के दो लोग पाये गये पॉजिटिव

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर से निकलने पर भी प्रतिबंध